चौरानवे विधानसभा सीटों के लिए एक हजार पांच सौ चौदह उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये हैं

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

एनडीए और महागठबंधन समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं निर्दलीय प्रत्याशी भी सघन जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं इस सिलसिले में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बक्सर और भोजपुर जिले में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि पिछले पन्द्रह सालों में सक्षम और स्वाबलंबी बिहार का सपना पूरा हुआ है राज्य ने हर क्षेत्र में प्रगति की है उन्होंने विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की श्री कुमार आज औरंगाबाद और जहानाबाद जिले में पांच चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रोहतास के चेनारी और कैमूर में जनसभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि यदि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो अपहरण डकैती और भ्रष्टाचार का रोजगार बढ़ेगा श्री प्रसाद ने कानून के राज के लिए एनडीए के हाथों को मजबूत करने की अपील की वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने सीवान में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुये विकास के लिए एनडीए को एक बार फिर सत्ता में लाने की अपील की महागठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई लखीसराय शेरघाटी शेखपुरा और नवादा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया महागठबंधन के घोषणा पत्र की चर्चा करते हये श्री यादव ने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में दस लाख सरकारी नौकरी पर मुहर लगेगी उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में अफसरशाही और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है श्री यादव आज वजीरगंज बाराचट्टी रजौली और बोधगया समेत सात स्थानों पर च्नावी सभाओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते बिहार हर क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर है पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर राज्य को एक बार फिर उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस कराने के लिए काम किया जायेगा वहीं महागठबंधन के घटक दल भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार के लोग भाजपा जदयू के शासन से अब ऊब चुके हैं श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य का युवा पूरी तरह ठगा महसूस कर रहा है जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि यदि लोगों का समर्थन मिलता है तो वे बिहार को एशिया का नम्बर वन राज्य बनायेंगे विधानसभा चूनाव के दूसरे चरण के लिये नाम वापसी का आज अंतिम दिन है इस चरण के तहत तीन नवम्बर को चौरानवे विधानसभा सीटों पर मतदान होना है द्रसरे चरण के लिये कुल एक हजार सात सौ सत्रह उम्मीदवारों ने नामांकन किया था जिसमें जांच के बाद एक हजार पांच सौ चौदह उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाये गये हैं विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है इस चरण में अब तक दो सौ चालीस उम्मीदवार अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल कर चुके हैं प्रत्याशी बीस अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं इक्कीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर है तीसरे चरण के लिये मतदान सात नवंबर को होगा इधर वाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में होने वाले उप चुनाव के लिए अभी तक मात्र एक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है भाजपा ने अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी के चार नेताओं को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा ने बताया कि नवादा के पूर्व जिलाध्यक्ष बबलू सिंह रजौली के अर्जुन राम और प्रदेश कार्य समिति के राणा सुधीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गयी है इसके अलावा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे डॉक्टर गणेश प्रसाद सिंह को भी निष्कासित किया गया है

पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण कुशवाहा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गये हैं निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपिक में मामूली गलतियों के बावजूद मतदाताओं को मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा आयोग ने निर्देश दिया है कि पहचान पत्र में मतदाता के नाम माता पिता और पति का नाम पता लिंग और आयू में मामूली त्रटि होने पर मतदान करने से नहीं रोका जाए निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरूगन डी ने बताया कि वोटर की पहचान मतादाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित होने पर उन्हें मतदान करने दिया जायेगा और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के तहत एक रिपोर्ट प्रोमो विशेष रिपोर्ट की श्रंखला में सुनते हैं भोजपुर जिले के चुनावी परिदृश्य के बारे में हमारे संवाददाता से

इस बार के चुनाव में जिले में कई पूर्व विधायकों को उनकी पार्टियों ने टिकट नहीं दिये हैं जिससे वे बागी होकर दूसरे दलों के या निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में चुनावी मैदान में हैं पूर्व विधायक भाई दिनेश टिकट नहीं मिलने पर जन अधिकार पार्टी के चुनाव चिह्न पर जगदीश पुर से जबकि सुनील पांडेय निर्दलीय ही तरारी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं

इस बार के चुनाव में गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने सात में से तीन सीटें अपनी सहयोगी दल सीपीआई माले के लिए छोड दी है इसमें पिछली बार राजद की ओर से जीती हुई आरा सीट भी शामिल है इधर एनडीए में भाजपा चार और जनता दल यूनाइटेड तीन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं इस चुनाव में सबकी नजरे संदेश सीट पर भी रहेंगी जहां मौजूदा विधायक अरुण कुमार के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार रहने पर राष्ट्रीय जनता दल ने उसकी पत्नी को टिकट दिया है वहीं पिछले चुनाव में कांटे की टक्कर में पराजय का सामना करने वाले अमरेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड रहे हैं मौजूदा विधायकों में सरोज यादव राहुल तिवारी प्रभुनाथ प्रसाद रामविशुन सिंह और सुदामा प्रसाद अपने अपने दलों के अधिकृत प्रत्याशी के रुप में फिर से चुनावी मैदान में हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेन्द्र क्मार राय बिहार विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा मतदान बाईस अक्टूबर को होगा जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं किशनगंज जिले के खगड़ा और फरिंगोला से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पैंसठ लाख रूपये जब्त किये हैं पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि खगड़ा चेक पोस्ट के पास एक कार से साठ लाख रूपये जबकि फरिंगोला चेक पोस्ट के पास एक कार से पांच लाख रूपये बरामद किये गये हैं मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है मुंगेर जिले के धरहरा खड़गपुर सीमा पर स्थित जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा बटालियन और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गयी जिसमें एक सौ राउंड गोलियां चली डीआईजी मनु महाराज ने बताया कि मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार आईडी बनाने के उपकरण और ग्रेनेड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं वहीं जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीर पहाड़ के खंडहर से पुलिस ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर के पास से सात देसी पिस्तौल और चार देसी बन्द्रक बरामद की गयी है सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र के मशरक तरैया मोड़ के पास से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तीन बोरी विस्फोटक सामग्री के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया

बाईट अभी जो अभियान चल रहा है कि मास्क पहनना दो गज की दूरी बनाये रखना और हाथ धोना

ये तीनों को हमें करना चाहिए सासाराम के एनसीसी ऑफिसर कर्नल बी एस चौधरी ने कोविड की रोकथाम के लिये लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाये गये तीन उपायों पर अमल करने की अपील की है

अब तक कुल एक लाख बानवे हजार पांच सौ चौरानवे मरीज ठीक हो चुके हैं वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार छह सौ इक्कीस है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने त्योहारों को देखते हुये दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शुभानन चंद्रा ने बताया कि जोगबनी आनंद विहार और न्यूजलपाईगुड़ी उदयपुर सप्ताहिक पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन कल से शुरू होगा शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप शांति और कल्याण प्रदान करने वाला होता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है दूसरे चरण मे बागियों बाहुबलियों समेत कई बड़े नेताओं की परीक्षा दैनिक जागरण ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है इस बार मौका मिला तो राज्य में लायेंगे नई नई तकनीक अखबार ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान को प्रकाशित करते हुये लिखा है तीर यूग समाप्त अब चल रहा मिसाईल प्रभात खबर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन के उस बयान को पहले पन्ने पर स्थान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों कोरोना का सामुदायिक फैलाव हो रहा है दैनिक भास्कर ने लिखा है केन्द्रीय समिति की बड़ी चेतावनी बिहार में चुनाव से असामान्य रूप से बढ़ सकता है कोरोना आज और राष्ट्रीय सहारा ने चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर स्थान दिया है और अब अंत में मुख्य समाचार पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर

चौरानवे विधानसभा सीटों के लिए एक हजार पांच सौ चौदह उम्मीदवारों के पर्चे सही पाये गये हैं